गड़करी केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी कहा है कि वह देश के हर जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहते हैं

उन्होंने कहा की हर जिले में ड्राइविंग स्कूल खुलने से न केवल दुर्घटनाओं रोक लगेगी बल्कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार युवाओं में कौशल का विकास होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की ये सड़कें मध्य प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी और इनसे प्रदेश और राज्य के आसपास बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा और आर्थिक विकास में वृद्धि होगी श्री चौहान ने एनएचएआई के सहयोग इस कार्य की शीघ्र पूर्णता के संबंध में केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी से अनुरोघ किया

इस समारोह को केंद्रीय मंत्रियों थावरचंद गहलोत नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद सिंह पटेल और जनरल डॉ वी के सिंह ने भी संबोधित किया संबंधित क्षेत्रों के सांसद और विधायक और वरिष्ठ केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने भी समारोह में भाग लिया

जनधन योजना भोपाल स्थित पीआईबी और आरओबी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज प्रधानमंत्री जन धन योजना विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया इसमें वक्ताओं ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को आम आदमी तक पहुंचाने में जन धन योजना की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड जनरल मैनेजर श्रीराम माहूरकर और नाबार्ड भोपाल के डीजीएम कमर जावेद थे मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

उन्होंने कहा कि लोग माईजीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

स्कूल फीस हाईकोर्ट कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन क्लास संचालित करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है

इसी तरह युगलपीठ ने सोसायटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की याचिका पर अलग से सुनवाई करने को कहा है सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पीआईबी ने फेक्ट चेक यूनिट गठित की है इसी क्रम में पीआईबी ने सोशल मीडिया पर किये जा रहे उस दावे को गलत बताया गया है

सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि इसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलप्र के मुख्य न्यायाधीष अजय कुमार मित्तल ने बाल हितैषी न्यायालय का ऑनलाइन लोकार्पण किया बाल हितैषी न्यायालय ऐसे बच्चों के लिए तैयार किया गया है जिनके साथ आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं जिला न्यायालय परिसर में ही तैयार की गई इस बिल्डिंग में रहने और भोजन के साथ बच्चों के लिए खिलौने तथा मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे इसमें अपराध की सुनवाई सीधे होगी जिसमें आरोपी को पीड़ित बालक बालिका सीधे पहचान सकेंगे लेकिन आरोपी पीड़ित बालक बालिका को नहीं देख सकेगा यह न्यायालय आधुनिक संसाधनों से लैस होगा

नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

षाजापुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान संचालित किया गया